राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हए तीनों कृषि कान्नों के बारे में उन्होंने कहा कि किसान संगठनों के साथ लगातार बातचीत के बावजूद कोई भी संगठन उन प्रावधानों के पक्ष में आगे नहीं आया जो उन्हें लगता है कि ये विवादास्पद हैं श्री तोमर ने कहा कि सरकार किसानों की आय को दोग्ना करने के लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है और नए कृषि कानून उसी को प्राप्त करने का साधन हैं श्री तोमर ने बताया कि प्रधानमंत्री ने हमेशा ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की वकालत की है

एनडीए सरकार के तहत मनरेगा योजना को फिर से श्रू करने पर जोर देते हुए श्री तोमर ने कहा कि एनडीए सरकार ने स्निश्चित किया है कि मनरेगा योजना के तहत किए गए कार्य देश में ब्नियादी ढांचे विकसित करे

इस अवसर पर लोक सभा सांसद तापिर गाव स्थानीय विधायक निनोंग इरिंग विधायक कालिंग मोयोंग पी एच ई डी के कार्यकारी अभियंता टी पादंग सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे अपने संबोधन में श्री लोवांग ने कहा कि केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन के तहत करीब एक करोड़ रूपए की लागत से इस परियोजना का निर्माण किया गया है उन्होंने कहा कि वर्ष दो हजार चौबीस तक देश के प्रत्येक घर में नल के जरिए जल पहंचाने का लक्ष्य को पूरा करने के लिए जल आपूर्ति परियोजनाओं को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जा रहा है

इस कार्यक्रम में जिले के विभिन्न गांवों के तीस किसानों ने हिस्सा लिया प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान आई सी ए आर बासार के संयुक्त निदेशक के अलावा कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने किसानों को कृषि बागवानी और पश्पालन से आय को बढ़ाने के बारे में जानकारी दी

पूर्वोत्तर राज्य में खान पान में मीट का सेवन अधिक होता है और इसे देखते ह्ए सुअर पालक किसानों को अच्छी आय प्राप्त होती है मणिप्र की राजधानी इंफाल में महिला किसान पिपि कैथेलाकपम ने ग्रेज्एशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद स्अर पालन को व्यवसाय के रुप में अपनाया है उनके फार्म में करीब तीन सौ स्अर है और इससे आस पास के य्वाओं और महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है

राज्यपाल ने अपने संदेश में उम्मीद जताई कि उत्सव राज्य के लोगों के बीच एकता को बढ़ावा देगा उन्होंने कहा कि राज्य के अधिकांश त्योहार कृषि गतिविधियों से ज्ड़े हैं उन्होंने विश्वास जताया कि फेस्टिवल बूरी बूट यूलो अपनी भलाई और आर्थिक लाभ को बढ़ाने के लिए लोगों के बीच प्रौद्योगिकी आधारित नवीन कृषि प्रथाओं का संदेश फैलाएगा अपने संदेश में म्ख्यमंत्री पेमा खांड् ने न्यीशी सम्दाय के सदस्यों के साथ वसंत का स्वागत करते हुए अच्छी फसल के लिए धन्यवाद दिया

इस पहल की सराहना करते हए श्री फासांग ने कहा कि स्थानीय रुप से उपलब्ध संसाधनों के साथ इस तरह के नवाचार प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वोकल फॉर लोकल के आहवान की ओर सही कदम हैं